प्रधानमंत्री भविष्य निवेश पहल मंच की तीसरी बैठक को करेंगे सम्बोधित प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर दिया जोर उत्तराखण्ड में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज होंगे बंद प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है भैयया दूज का पर्व भगवान चित्रगुप्त के जन्मोत्सव पर हो रहे हैं विविध आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए हैं शाह खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रियाद के गवर्नर फैसल बन्दार अल सऊद ने श्री मोदी की अगवानी की प्रधानमंत्री भविष्य निवेश पहल मंच की तीसरी बैठक को सम्बोधित करेंगे कल सउदी अरब रवाना होने से पहले एक बयान में श्री मोदी ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सउद के साथ वे द्विपक्षीय चर्चा करेंगे वह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्विपक्षीय और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के कई मामलों पर भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नागरिक उड्डयन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों रक्षा बुनियादी ढांचा और गैर अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कम से बारह समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है कल सऊदी अरब के लिए प्रस्थान से पहले जारी बयान में श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन पर समझौता होगा जो भारत सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा प्रधानमंत्री भविष्य निवेश पहल मंच में भी भाग लेंगे जहां वे भारत में वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते व्यापार और निवेश अवसरों के बारे में जानकारी देंगे आकाशवाणी से बातचीत में सऊदी अरब में भारत के राजदृत औसफ जईद ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत होने की आशा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रक्षा सुरक्षा व्यापार संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क सउदी अरब के साथ द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है यूरोपीय संघ की संसद के सदस्यों के एक शिष्टमंडल से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन और उसे प्रायोजित करने वालों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है यूरोपीय संघ के अट्ठाईस सांसदों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट की यह शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर भी जाएगा श्री मोदी ने कहा कि इस दौरे से यूरोपीय संघ के सांसद जम्मू कश्मीर और लदाख क्षेत्रों की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है यूरोपीय संघ को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उचित तथा संतुलित व्यापक व्यापार तथा निवेश समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देना भारत की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने स्गमता से कारोबार करने की रैंकिंग में भारत की स्थिति दो हजार चौदह में एक सौ बयालिसवें स्थान से सुधरकर तिरसठवें स्थान पर पहुंचने का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि आकार जनसांख्यिकी और विविधता में भारत जैसे देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायपालिका में सम्मान और भरोसा तथा आपसी तालमेल बनाए रखने पर बल दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के तीस सितम्बर दो हजार दस के फैसले का उल्लेख करते हुए आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा एक तरफ दो हफ्ते तक गरमाहट के लिए सब कुछ हुआ था लेकिन जब राम जन्म भूमि पर फैसला आया तब सरकार ने राजनीतिक दलों ने सामाजिक संगठनों ने सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने साध् संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिये एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया प्रधानमंत्री ने कहा कि संयम हमेशा शक्ति प्रदान करता है तथा एकता और तालमेल से हमारे देश की शक्ति और क्षमता इसका प्रमाण है उत्तराखंड में यमनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए जायेंगे गोर्व्धन पूजा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट कल से अगले छह महीनों के लिए बंद कर दिये गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट कल पूर्वाह में ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर शीतकाल के लिए बंद हो गये सेना के बैंड की अगुवाई में स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते हए हजारों की संख्या में श्रद्वाल् मां गंगा की डोली के साथ मारकंडे पूरी के लिए रवाना हुए जहां चंडीदेवी मंदिर में डोली कल रात विश्राम किया शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना मुखी मठ के छठ मुखवा में होती है इस वर्ष यात्रा काल के दौरान देश विदेश के करीब पांच लाख से अधिक भक्तों और श्रद्वालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की अस्सी वर्ष से अधिक आय के लोग और दिव्यांगजन अब डाक मत पत्र यानी पोस्ट बैलेट से भी वोट डाल सकते हैं हालांकि ऐसे मतदाताओं को दोनों विकल्प दिए गए हैं इनमें मतपत्र बैलेट पेपर से या पोस्ट बैलेट से वोट डालने का अधिकार शामिल है निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विधि और न्याय मंत्रालय ने उन्नीस सौ इकसठ के चुनाव नियमों में संशोधन किया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति मिल सके संशोधित नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को एक नए फार्म बारह डी में आवेदन करना होगा जो चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद पांच दिनों के भीतर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है इकत्तीस अक्तूबर को पटेल जयंती के उपलक्ष्य में देश के सात सौ से अधिक जिलों के लाखों लोग एकता दिवस कार्यक्रमों में भाग लेंगे अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोये सरयू तट स्थित जम्थरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितिया के अवसर पर परम्परागत ढंग से यम् द्वितिया का मेला लगा है जहाँ सुबह से ही श्रद्वालु पवित्र सरयू नदी में स्नान कर दीर्घायू होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं मथुरा में यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात महाराष्ट्र बिहार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्वालु आज ब्रम्हमुहूर्त से ही यमुना में डुबकी लगा रहे है श्रद्वालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से यमद्वितीया पर्व पर विश्राम घाट तथा उसके आसपास के समी घाटों पर बल्लियां लगाई गई हैं यहां पीएसी के गोताखोरों की तैनाती की गई महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए दोनों ओर आठ चेंजिंग रूम भी बनाए हैं विश्राम घाट पर खोया पाया केंद्र एक दिन पहले ही सक्रिय हो गया है आपात स्थिति से निपटने के लिए बीस गोताखोर और पचास नायों की व्यवस्था की गई है अयोध्या और गोरखपुर स्थिति चित्रगुप्त मंदिरों में भगवान चित्रग्प्त का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है इस बीच भैया दूज का त्योहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहनों के घर भोजन करने पहुंचे तो बहन भाई को टीका करके उनकी लम्बी आयु की कामना करती हैं और भाई बहन को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं कहतें हैं कि भाई बहन के इस प्रेम को देख कर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं प्रदेश भर में कल गोवर्धन और अन्नकूट पूजा श्रद्वा और भक्ति भावना के साथ मनाई गयी अयोध्या में अन्नकूट पर्व के अवसर पर भगवान श्रीराम को छप्पन प्रकार के भोग अर्पित किए गये मथुरा के ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थस्थल गोवर्धन में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गयी मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश सहित अन्य मंदिरों में भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का विशेष आयोजन किया गया ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवेर्धन में गोवेर्धन पूजा की धूम रही केशव देव गोड़िया मठ में गोकेर्धन पूजा का आयोजन किया गया इसमें गोड़िया मठ के शिष्य एवं विदेशी कृष्ण भक्तों ने भाग लिया

भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान मर्दन करते हुए गोवेर्धन पर्वत को अपनी ऊँगली पर उठाया था तभी से व्रज मे गोवेर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है केन्द्रीय सतर्कता आयोग कल से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गो विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा